न्यायालय ने इस संबंध में सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को सौंप दिया है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पीठ शबरीमाला और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश तथा दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना की प्रथा से जुड़े इस प्रकार के सभी धार्मिक मामलों पर निर्णय लेगी देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पीठ ने यह फैसला किया है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता का प्रयास धर्म और आस्था पर दोबारा बहस करना है उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर दो हजार अट्ठारह में एक के मुकाबले चार न्यायाधीशों की राय से केरल में प्रसिद्व अयप्पा मंदिर में दस से पचास साल आयु की महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था न्याायालय ने सदियों पुरानी इस कुरीति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था शीर्ष न्यायालय ने छत्तीस रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग संबंधी पुनर्विचार याचिकाओं को आज खारिज कर दिया न्यायालय ने कहा कि पुनर्वेचार याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रफाल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी इन याचिकाओं में चौदह दिसम्बर दो हजार अट्ठारह के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें न्यायालय ने कहा था कि रफाल खरीद के निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में संदेह का कोई सवाल ही नहीं है न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिकाओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिकक्ता प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी शामिल हैं याचिका में आरोप लगाया गया है कि रफाल सौदे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है इसलिए इसकी आपराधिक जांच की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है पार्टी ने कहा है कि ये मोदी सरकार की जीत है और सच्चाई की विजय हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन बताते हुए इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने परियोजना प्रबंधकों को निर्माण कार्य स्थल पर रह कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में इन तीनों परियोजनाओं के निर्माण कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने पूर्वाचल एक्सप्रेस वे परियोजना में सुल्तानपुर आजमगढ़ मऊ और गाजीपुर में भूमि अधिग्रहण में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पचास करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं की मुख्य सचिव प्रत्येक पंद्रह दिन पर संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे सौ करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी नजर रखेंगे मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना पर तत्काल कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया है प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इक्कीस हजार सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत जनपद के नूरानपुर गांव में आयोजित मुख्यमंत्री सामुहिक शादी समारोह में शामिल हए इस अक्सर पर उन्होंने वैवाहिक बंधन में बंधे पांच सौ पच्चीस जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि आज पूरे प्रदेश में इक्कीस हजार सामूहिक शादियां कराई जा रहीं हैं जो अपने आप मे एक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री ने पीलीमीत जनपद में चार सौ सतहत्तर करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आज गोरखपुर जनपद में छः सौ पन्द्रह जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ मुख्य समारोह बड़हलगंज मिनी ग्रामीण स्टेडियम में आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने जोड़ों को नवजीवन पर अपनी श्भकामनाएं दीं उधर कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज तीन सौ इकतालीस जोड़े वैवाहिक बन्धन में बंध गये इन युगलों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न कराया गया वहीं इक्यावन मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया महोबा में चार सौ इकत्तीस जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और समाज कल्याण अन्सूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विकास राज्यमंत्री डॉ जी एस धर्मेश ने नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया सम्मेलन में पंद्रह मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हआ सरकार की ओर से सभी नव दम्पतियों को उपहार स्वरूप इक्यावन हजार रूपये की धनराशि भेंट की गयी प्रदेश के कौशाम्बी प्रतापगढ़ गोन्डा महराजगंज संभल सहित विभिन्न जनपदों में भी आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए